राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को दी बधाई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में हुआ है काफी सुधार प्रदेश में पिछले दो दिनों में वर्षा जनित कारणों से सत्तावन से अधिक लोगों की मौत भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान दो को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर के पृथ्वी के चारों ओर प्रारंभिक कक्षा में भेज दिया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से चन्द्रयान दो को ले जाने वाले शक्तिशाली बूस्टर जी एस एल वी मार्क थ्री से कल दिन में दो बजकर तैंतालिस मिनट पर इसे छोड़ा गया आकाश में जाने के मात्र सोलह मिनट के भीतर ही चंद्रयान ने निर्दिष्ट चंद्र कक्षा में प्रवेश किया पृथ्वी की कक्षा से चंद्रयान दो को इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रव के समीप ले जाया जाएगा चंद्रयान दो के चन्द्रमा पर पहंचने के बाद भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा

एक गंगीर तकनीकी समस्या आने और फिर उसको ठीक किए जानेके बाद अव इसरो बड़ी कामयाबी की ओर अग्रसर है चंद्रयान दो से चंद्रमा पर भारत के दूसरे अभियान के उद्देश्यों में चंद्रमा की मिट्टी में उपस्थित खनिज और उसकी रासायनिक संरचना का अध्ययन करना शामिल है इसके अलावा चंद्रमा के निकट दक्षिणी ध्रव में पानी या बर्फ की खोज करना इसके वातावरण की जांच करना साथ ही चंद्रमा के भीतर की भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन करना और उच्च तकनीक और क्षमता वाले कैमरों का उपयोग कर चंद्रमा की सभी प्रकार से जांच करना शामिल है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने चंद्रयान दो के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो की टीम को बधाई दी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट में कहा कि चंद्रयान दो लगभग पचास दिन में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रव के करीब उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान होगा उपराष्ट्रपति एम वैकेया नायडू ने कहा कि चंद्रयान दो को कुछ ही सप्ताह में चंद्रमा पर सफलता से उतारने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चंद्रयान दो के प्रक्षेपण से देश के वैज्ञानिकों और एक सौ तीस करोड़ भारतीयों के विज्ञान के नए आयामों को जानने के प्रति संकल्पों का पता चलता है उन्होंने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि चंद्रयान दो पूरी तरह से स्वदेशी है इसरो के वैज्ञानिकों को एक ऑडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने उनकी कड़ी मेहनत और प्रतिबद्वता की प्रशंसा की

आज का यह सफल लॉन्च प्ररे देश और सभी भारतीयों के लिए बहुत गर्व का विषय है पिछले सप्ताह तकनीकी कारणों से लॉन्चस थगित करना पड़ा था उसके बाद आपने और इसरो की टीम ने बहुत तत्पस्ता से तकनीकी खराबी का पता लगाया और उसे हल करने के लिए जरूरी कदम भी उठाए और अब एक हफ्ते के भीतर ही लॉन्च में सफलता हासिल की है इसके लिए आपसभी विशेष बधाई के पात्र हैं गृहमंत्री अमित शाह रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जाकड़ेकर ने भी इसरों के वैज्ञानिकों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष दो हजार चौबीस पच्चीस तक देश को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए दृष्टिकोण पहले ही स्पष्ट कर दिया है पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को हर वर्ष आठ प्रतिशत की दर से विकास करना होगा आर्थिक स्थिरता को बनाए रखते हए वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर छह दशमलव आठ प्रतिशत रहने का अनुमान है तीव्र आर्थिक वृद्धि और देश से गरीबी हटाने के लिए आधारमूत ढांचे का मजबूत होना जरूरी है केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि नरेन्द्र मोदी सरकार किसानों सैनिकों मजदूरों और व्यापारियों सहित समाज के सभी वर्गो के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ रही है एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के पचास दिन पूरे होने के अवसर पर श्री जावडेकर ने कल नई दिल्ली में कहा कि लोग अब आश्वस्त है कि सरकार के पहले कार्यकाल के मुकाबले दूसरे कार्यकाल में सुधार कल्याण और न्याय की गति में तेजी आई है स्पीड स्केल और स्किल ये तीनों का दर्शन इस पचास दिन में दिखा है किसान जवान नौजवान मजदूर मध्यमवर्ग व्यापारी शोध भारत के पड़ोसी देशों से संबंध निवेश संसाधनों का विकास भ्रष्टाचार के खिलाफ जोर से लड़ाई और समाजिक न्याय ये मुझे लगता है कि पचास दिन की सबसे मुख्य बाते हैं श्री जावड़ेकर ने कहा कि पचास दिनों के अन्दर मोदी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं जो बुनियादी ढांचा रिक्षा और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में तेज गति से विकास के रोडमैप को प्रदर्शित करते हैं प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने पचास दिनों के भीतर सभी प्रकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाये हैं जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है उन्होंने कहा कि सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को पचास खरब डॉलर तक पहुंचाने का भी संकल्प लिया है निवेश के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं ताकि दुनियाभर से निवेश भारत में आए

पांच लाख करोड़ डॉलर की इकॉनोमी बनने की दिशा में ये भरसक प्रयास है सूचना प्रसारण मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने सड़क रेल और खेलकूद के क्षेत्र में खरबों रूपये के निवेश को मंजूरी दी है सौ लाख करोड़ का निवेश आने वाले पांच साल में सड़क बिजली पानी रेलवे पोर्ट एयरपोर्ट इन सभी में जो होगा इससे बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा और ग्रामीण इलाके में भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का तीसरा चरण शुरू होगा जो और महत्वपूर्ण स्थानों तक अच्छी सड़क ले जाएगा विधानसभा में कल मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग मुद्दों को लेकर हंगामा किया प्रश्न प्रहर शांतिपूर्ण ढंग से पूरा हो जाने के बाद शून्य प्रहर में समाजवादी पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष राम गोविन्द चौधरी ने प्रदेश में हो रही हत्याओं का मामला उठाया उन्होंने सरकार पर बदले की भावना से सपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने की बात कही इस पर संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने सरकार का मजबूती से पक्ष रखते हए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बेहतर है इस पर असंतृष्ट सपा सदस्यों ने सदन से बर्हिगमन किया वहीं कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय कुमार लल्लू ने सोनमद्र हत्याकांड पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का मामला उठाया उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता को पीड़ित परिवारों से मिलने के लिये जाते समय किस आघार पर हिरासत में लिया गया सरकार स्पष्ट करे इस पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस के सदस्य वेल में आकर हंगामा करने लगे जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने शोर शराबे के बीच कल के लिये निर्धारित विधायी कार्य निष्पादित करते हुए सदन की कार्यवाही आज तक के लिये स्थगित कर दी इससे पूर्व प्रश्नकाल के तुरन्त बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शोक प्रस्ताव पर गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर परिकर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और बिहार के सांसद रामचन्द्र पासवान के साथ साथ सदन के पन्द्रह पूर्व सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रख कर श्रद्वाजलि अर्पित की गयी उधर विधान परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है बढ़ता हुआ निवेश इसका परिणाम है उन्होंने सोनभद्र में हुए हत्याकांड के मामले पर कहा कि एक पार्टी के वरिष्ठ नेता ने गलत तरीके से यह जमीन ट्रस्ट के नाम कर दी थी बाद में उसे अपने परिवार के सदस्यों के नाम करवा दिया इसके बाद इस मामले को लेकर कानून व्यवस्था के सवाल पर पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने हंगामा करते हए सदन से बर्हिगमन किया इसके बाद कांग्रेस के एक मात्र सदस्य भी सदन से बाहर चले गये

उन्होंने इसमें उल्लेखनीय सुधार होने संबंधी आंकड़े सदन में पेश किये प्रदेश में पिछले दो दिनों के दौरान वर्षा से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में सत्तावन लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए इनमें से ज्यादातर मौतें बिजली गिरने से हुई सबसे ज्यादा सात सात मौतें कानपुर और फतेहपुर में हुई हैं जबकि बिजली गिरने से झांसी में पांच जालौन में चार फतेहपुर में तीन गाजीपुर और बलिया में दो दो तथा देवरिया जौनपुर कानपुर देहात चित्रकूट और प्रतापगढ़ जिलों में एक एक व्यक्ति की मौत हो गई ज्यादा लोग जिनकी जान इन हादसों में गई वो बिजली गिरने के समय या तो खेतों में काम कर रहे थे या फिर बारिश से बचने के लिए उन्होंने पेड़ों के नीचे शरण ली थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन मौतों पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के लिए चार चार लाख रुपये के मुआवजे का एलान किया है